प्रधानमंत्री ने किया सांसदों के लिये बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन कहा मुकाबला करके किया जा सकता है समस्याओं का समाधान

ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल के विभिन्न क्षेत्र में जाकर जनता को मिल रही सुविधाओं और निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से कही मुख्यमंत्री प्रदेश के विभिन्न नगरों और ग्रामों में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी लेने के लिये शुरू किये गए अपने अभियान के पहले दिन आज भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे श्री चौहान ने भोपाल के कलेक्ट्रेट में लोक सेवा केन्द्र राजधानी के नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कोकता क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के कायों का निरीक्षण किया श्री चौहान ने लोक सेवा केन्द्र पहुंचकर आमजन से भेंट की उन्होंने कहा कि लोक सेवा केन्द्रों पर लगने वाले शुल्कों में कमी के लिए नई नीति बनाई जाएगी अपने भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने भोजताल के पास कोहेफिजा अहमदाबाद क्षेत्र में नवनिर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने रायसेन रोड स्थित कोकता क्षेत्र अब्बास नगर बस्ती क्षेत्र का भी भ्रमण किया

ये बात आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में संसद सदस्यों के नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट के उदघाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही उन्होंने कहा कि एन डी ए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किये गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि ये बहुमंजिला फ्लैट विश्वंभर दत्त मार्ग पर बनाये गये हैं

विदेशी मुद्रा भंडार सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है

उन्होंने कहा कि पूरा विश्व नये भारत को सम्मान और विश्वास की नजर से देख रहा है आयकर विभाग मीडिया संवाद विवाद से विश्वास कार्यक्रम से करदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और आयकर विभाग तथा करदाताओं के बीच विवादों की संख्या कम होगी साथ ही विवादित राजस्व की प्राप्ति भी सरकार को हो पाएगी यह बात मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आरके पालीवाल ने भोपाल के पत्र सूचना कार्यालय और आयकर विभाग मप्र तथा छग द्वारा दो विशिष्ट कार्यक्रमों विवाद से विश्वास और फेसलेस एसेसमेंट पर आज आयोजित वर्चुअल मीडिया को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि विवाद से विश्वास कार्यक्रम का उद्देश्य करदाताओं और आयकर विभाग के बीच होने वाले विवादों को न्यूनतम करके परस्पर विश्वास बढ़ाना है

श्री पालीवाल ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट कार्यक्रम से पारदर्शिता बढ़ेगी और भय का वातावरण भी कम होगा उन्होंने बताया कि आज से फेसलेस अपीलों का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है

इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे और निदेशक अखिल कुमार नामदेव ने भी मीडिया से बातचीत की

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं

लोक अदालत देश के पन्द्रह राज्यों में इस वर्ष जून से अक्तूबर के मध्य दो लाख इक्यावन हजार मामलों के निपटारे के लिए सत्ताईस ई लोक अदालतों का आयोजन किया गया

ई लोक अदालतों में संगठनात्मक खर्चों को समाप्त करने के लिए लागत की कमी की जा रही है विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक अदालतें राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक विवाद समाधान देने का माध्यम हैं जिसमें विवादों से पूर्व समझौते का विकल्प दिया जाता है

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी किसी भी रेलगाडी के संचालन को बंद करने का कोई फैसला नहीं किया है

ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों के सदस्यों को बैंक ऋण वितरित करने के लिये आयोजित कार्यक्रम में कही वर्चुअल माध्यम से ऋण वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संबल योजना में अगर गरीब लोगों के बच्चों का प्रवेश चिन्हित मेडिकल कॉलेज या बड़े शिक्षण संस्थानों में होता है तो उनकी फीस की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी

इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी की

इस अवसर पर वे विश्वविद्यालय के सौ साल के स्मारक सिक्के का अनावरण करने के साथ साथ विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे